आज लोकसभा में दिये बयान में उन्होंने इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर लगभग एक दशमलव छह पांच प्रतिशत है जबकि विश्व में यह तीन दशमलव दो प्रतिशत है

कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए व्यापारियों ने आगामी बुधवार से पांच दिनों तक दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है इस दौरान मेडिकल सहित अन्य सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा

कई देशों में बोली जाने वाली यह भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है जिसे भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर भी जाना जाता है इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था

तभी से यह सिलसिला बना हुआ है हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं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 वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा भाषा से ही हमारा गौरव भाषा ही सम्मान है हिंदी दिवस पर श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने की अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हिन्दी में हर भाषा और बोली को अपने में समाहित करने की क्षमता है हिन्दी हिद्स्तान की आत्मा और स्वाभिमान है केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आज से हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के सभी जिलों में भी हिन्दी को बढ़ाव देने के लिए विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं मौसम भोपाल सहित कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली

उधर बैतूल जिले में कई हिससों में रूक रूककर बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग ने इंदौर धार बुरहानपुर खंडवा खरगोन बैतूल और हरदा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

इस दौरान पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूक किया